बैठक में मंत्रिमंडल सचिव प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव स्वास्थ सचिव और संबंधित वरिष्ठम अधिकारियों ने हिस्सा लिया राष्ट्रीय नियामक ने कोविशील्ड् और कोवैक्सीन दो टीकों को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति दी इन टीकों की सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता सिद्ध हो चुकी है यह वैक्सीन सबसे पहले तकरीबन तीन करोड़ स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी

मंत्री योजना समीक्षा केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी की हर योजना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश लीडर है अटल भूजल योजना और जल जीवन मिशन का भी प्रदेश में तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है यह खुशी की बात है कि मध्यप्रदेश निर्धारित अवधि से पूर्व ही अपने लक्ष्य पूरे कर लेगा केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत आज मंत्रालय में अटल भूजल योजना और जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे

अटल भूजल योजना का भी रोडमैप तैयार हैए इस पर तेजी अमल किया जाएगा केन बेतवा लिंक केन बेतवा लिंक परियोजना से जल आवंटन में मध्यप्रदेश का अहित नहीं होने देंगे साथ ही उत्तरप्रदेश के हितों की भी पूरी रक्षा की जाएगी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने परियोजना पर चर्चा के दौरान इस बात का भरोसा दिलाया उन्होंने कहा कि इस संबंध शीघ्र ही वे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संयुक्त बैठक कर अंतिम हल निकालेंगे मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश हमेशा से दूसरे राज्यों के हितों की परवाह करता रहा है परंतु प्रदेश का अहित न हो इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री शेखावत आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री एवं सभी संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केन बेतवा लिंक परियोजना के जल के बंटवारे के संबंध में बैठक कर रहे थे

सोलहवें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेंलन का आज वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इंटरनेट ने दुनिया के विभिन्नं भागों के लोगों को आपस में जोड़ दिया है लेकिन हमारे हृदय अपने देश के प्रति प्रेम की भावना से आपस में जुड़े हए हैं उन्होंने कहा कि बीते सालों में प्रवासी भारतीयों ने समाज को बेहतर बनाने के लिए वचनबद्दता प्रदर्शित कर अपनी पहचान कायम की है उन्हों ने कहा कि जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आने की प्रवासी भारतीयों की गाथाओं को सुनकर उन्हेंग बड़ा गर्व महसूस होता है

उन्होंरने कहा कि पीएम केयर्स कोष में उनके योगदान से देश में स्वादस्य्ह सेवाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिली

मौसम पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी भोपाल और इंदौर समेत कई जिलों में आज भी बादल छाए हुए हैं कहीं कहीं हल्की बारिश का दौर जारी है मौसम विभाग के अनुसार रविवार दोपहर तक इसी तरह मौसम बना रहेगा और दोपहर बाद बादल छंटने की उम्मीद है ऐसे में फिर ठंड जोर पकड़ेगी

शिवपुरी में आज सुबह मावठ की बारिश हुई इस बारिश के बाद सर्दी का दौर और बढ़ गया है ठंडी हवाएं चलने से सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं वहीं दूसरी ओर इस मावठ की बारिश से रवि सीजन में गेहूं और चने की फसल को फायदा बताया जा रहा है इधर सतना और जबलपुर जिले में भी आज आसमान में बादल छाए हुए हैं और ठंड का प्रभाव भी बढ़ रहा है मौसम विभाग ने जबलपुर संभाग में कहीं कहीं ओले गिरने की भी आशंका दर्ज कराई है इधर पचमढ़ी में ठंड का असर कम हुआ है